भोपाल स्थित एक गैर सरकारी दिव्यांग छात्रावास में धार निवासी एक मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास पर संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी दी इस मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है श्री चौहान ने कहा कि इस घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया कि इस तरह की सभी अनुदान प्राप्त संस्थाएं जिनमें बालिकाएं रहती हैं वहां कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक महीने में कम से कम एक बार जाकर निरीक्षण करेंगे और बच्चियों से बात करेंगे ताकि उनका नैतिक साहस बढ़े और उनमें हिम्मत बनी रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में चल रहे निजी हॉस्टलों के बारे में भी ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि वहां बच्चियां सुरक्षित रहें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वे उठाएं संबल योजना विदिशा जिले के अपर जिला न्यायाधीश ने बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों पर बिजली चोरी के प्रकरण बने होने पर उन्हें लोक अदालत में आवेदन देना होगा जिसके बाद ही उन्हें बिजली बिल माफी का लाभ मिल सकेगा अपर जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डी पी एस गौर ने बताया कि संबल योजना में पंजीकृत हितग्राहियों पर बिजली चोरी के प्रकरण बने होंगे तो उन्हें सीधे बिजली बिल माफी का लाभ नहीं मिल सकेगा इसके लिए उन्हें लोक अदालत में आवेदन देना होगा सुनवाई के बाद इन प्रकरणों को खारिज किया जाएगा इसके बाद ही हितग्राही को बिजली बिल माफी को लाभ मिल पाएगा

मुख्यमंत्री कल सुबह आगर विधानसभा क्षेत्र के कानड़ पहुंचेगें

राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन आम लोगों के लिए खुलेगा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल के निर्देशानुसार कल से आम लोग राजभवन को देखने आ सकेंगे

गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राजभवन को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है इस अवसर पर पूरे राजभवन में विशेष रूप से विद्युत साज सज्जा की जायेगी और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें भी लगाई जायेंगी मौसम प्रदेश के कई स्थानों पर पिछले चौबीस घण्टे में अच्छी वर्षा दर्ज की गई मौसम विभाग ने आज सागर रीवा और शहडोल संभागों के अधिकांश स्थानों पर और जबलपुर भोपाल होशंगाबाद चंबल और ग्वालियर संभागों के अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना व्यक्त की है वहीं उज्जैन और इन्दौर संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह रीवा सतना सीधी सिंगरौली उमरिया शहडोल और कटनी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है

कलेक्टर ने सतनवाड़ा खुर्द स्कूल के निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाये जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए

यहां उन्होंने संरक्षित खेती और सोलर पैनल का अवलोकन किया